यह पुरस्कार उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में योगदान और वैश्विक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया गया प्रधानमंत्री ने यह पुरस्कार भारत के एक अरब तीस करोड़ लोगों को समर्पित किया है श्री मोदी ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि उन्हें यह पुरस्कार महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयंती वर्ष में दिया जा रहा है श्री मोदी ने कहा कि भारत के विकास की कहानी केवल भारतवासियों के लिए ही नहीं बल्कि सारे विश्व के लिए अच्छी है श्री मोदी चैदहवें प्रमुख व्यक्ति हैं जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि कट्टरपंथ और आतंकवाद अब वैश्विक रूप ले चुके हैं और ये वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को कोरियाई प्रायद्वीप में शांति के लिए योगदान करने पर गर्व है उन्होंने कहा कि दोनों कोरिया के बीच तथा अमरीका और उत्तर कोरिया के बीच बातचीत की मौजूदा प्रक्रिया का भारत दृढ़ता से समर्थन करता है प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि सोल शांति पुरस्कार की एक करोड़ तीस लाख रूपए की राशि नमामी गंगे कोष में दे दी जाएगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि अब समय आ गया है जब वैश्विक समुदाय को आतंकवाद के खिलाफ बातों से आगे बढ़कर सामूहिक कार्रवाई करनी चाहिए श्री मोदी सोल में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री ने पुलवामा में आतंकी हमले के बाद भारत को समर्थन देने के लिए राष्ट्रपति मून के प्रति कृतज्ञता प्रकट की

राज्य के पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने लखनऊ में मीडिया को बताया कि ये आतंकवादी स्थानीय युवाओं को आतंकी गतिविधियों के लिए संगठन में भर्ती करते थे

उन्होंने बताया कि दोनों ही आतंकवादी कश्मीर के हैं इनमें से एक कश्मीर के जिला कलग्राम का रहने वाला शहनवाज है तो दूसरा आकिब अहमद मलिक कलवामा का रहले वाला है पुलिस महानिदेशक ने बताया कि इन आतंकियों के पास से हथियार और गोला बारूद सहित आपत्तिजनक सामग्री वीडियो और तस्वीरें बरामद की गई हैं

अधिवेशन के शुभारम्भ सत्र में भाग लेने के लिये भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह कल गोरखपुर पहुंच रहे हैं अधिवेशन का समापन चौबीस फरवरी को होगा समापन सत्र के मुख्य अतिथि केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह होंगे अधिवेशन के बाद एक रैली का आयोजन किया जायेगा जिसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सम्बोधित करेंगे अधिवेशन और रैली का आयोजन गोरखपुर के फर्टिलाइजर परिसर में किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्यक्रम के मद्देनजर कड़े सुरक्षा प्रबंध किये जा रहे हैं

न्यायालय ने इन राज्यों के मुख्य सचिवों पुलिस महानिदेशकों और दिल्ली के पुलिस प्रमुख को कश्मीरियों और अन्य अल्पसंख्यकों पर हमले की स्थिति में तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है

उन्होंने बताया कि मात्र एक सौ पचास दिन में इस योजना के दो करोड़ कार्ड जारी किये गये हैं देश भर के पन्द्रह हजार अस्पताल इस योजना से जुड़ चुके हैं इनमें से पन्द्रह प्रतिशत निजी अस्पताल हैं श्री भूषण आज नई दिल्ली में मेडिकल फेयर इण्डिया दो हजार उन्नीस के अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन के शुभारम्भ कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने बताया कि हर दिन आयुष्मान भारत योजना के चार से पांच लाख कार्ड जारी किये जा रहे हैं उन्होंने कहा कि आजाद भारत के इतिहास में पहली बार स्वास्थ्य के क्षेत्र में राजनीतिक प्रतिबद्वता दिखी है

स्वामी हंसदेवाचार्य को श्रद्वांजलि देते हये मुख्यमंत्री ने कहा कि वह एक वरिष्ठ संत थे जिनके बड़ी संख्या में शिष्य और भक्त हैं स्वामी हंसदेवाचार्य पिछले दिनों उन्नाव मे हुये एक सड़क हादसे में घायल हो गये थे आज लखनऊ स्थित संजय गांवी चिकित्सा संस्थान में इलाज के दौरान इनका निधन हो गया

तीनों युवक रामपुर जिले के रहने वाले थे पुलिस सूत्रों ने बताया कि यह घटना कल देर रात में हुयी